ये अस्थि कलश भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखे जायेंगे जहां लोग श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इसके बाद कल पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में किया जायेगा

रेलमंत्री ने यह भी कहा है कि केन्द्र ने प्रभावित लोगों के लिए विदेशों से भेजी जा रही सहायता और राहत सामग्री पर सीमा शुल्क और जीएसटी में छूट दी है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है उन्होंने प्रदेश के नव मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाने की अपील भी की प्रदेशभर में ईद उल जुहा का पर्व आज मनाया जा रहा है इस अवसर पर आज तड़के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया जन्नती दरवाजे से गुजरने के लिये जायरीन की कतारे लगी हुई है ये दरवाजा दोपहर बाद वापस बंद कर दिया जायेगा

इससे पहले कल बाजारों में ईद के पर्व को लेकर काफी रौनक रही मुस्लिम समुदाय के लोग देर रात तक खरीदारी करते रहे वहीं बकरा मंडियों में बकरों की खरीद हई ईद के अवसर पर राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को मुबारक बाद दी है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से प्रदेशकी गर्भवती महिलाओं को काफी सहुलियत मिली है

झुंझनू जिले में गुढ़ागौडजी पुलिस थाने पर किये पथराव और थानाधिकारी पर हमला करने के मामले में इक्कीस आरोपियों को जेल भेज दिया गया है

उधर पुलिस ने लड़की को भी तलाश कर लिया है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है

सीकर के नीम का थाना में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किये गये इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आये जानमाल के नुकसान की खबर नही है

कल तीसरे दिन भारत के सौरभ चौधरी ने दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया इसी स्पर्धा का कांस्य पदक अभिषेक वर्मा के नाम रहा